सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है प्रदे भर में आज फूलदेई का पर्व परम्परागत ढ़ग से हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओटीपीआरएमएस प्रमाणपत्रों को डिजीलॉकर के साथ जोडने की घोषणा की है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

उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना महामारी से संबंधित गाइड लाइन का पालन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्य और भव्य क्भ का आयोजन कराने को तत्पर हैं उन्होंने कहा कि कुंभ में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और विशेष ट्रेनों के लिए भी प्रयास किया जायेगा इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और सरकार को आगे भी आस्था के इस हरिद्वार कुंभ को प्रयागराज से बेहतर कराने के लिए कार्य करना चाहिए इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले के प्रति देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है कुम्भ स्नान के लिये आने वाले श्रद्वालु बिना किसी असुविधा के सुखद संदेश लेकर जाए यह हम सबका दायित्व है उन्होंने कहा कि कुम्भ के दौरान कोविड नियमों के अनुपालन के साथ अधिक से अधिक श्रद्वालु इसमें शामिल हों यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए उन्होंने कुम्भ क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान देने और पर्याप्त संख्या में सफाई निरीक्षकों और सफाई कार्मिकों की तैनाती के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कुंभ के दौरान यहां आने वाले शंकराचार्यो और बैरागी अखाड़ों को भूमि उपलब्ध कराने और उन क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने के बात कही इसके साथ ही उन्होंने कुंभ को देखते हुए व्यपाक व्यवस्थाओं के लिये आवश्यक अतिरिक्त अधिकारियों की भी शीघ्र तैनाती करने के निर्देश दिये श्री तीरथ ने विभागीय सचिवों से भी व्यक्तिगत रूप से कुम्भ कार्यों की समीक्षा के साथ ही स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये है

इनमें स्थायी प्रकृति के अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके जबकि अस्थायी निर्माण कार्य तेजी से किये जा रहे हैं

इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किये जायेंगे यह नियम पहली अप्रैल से लागू होंगे सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग पिथौरागढ़ बागेश्वर और देहरादून जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और ऊचाई वाले क्षेत्रों में बर्फवारी हो सकती है इसके साथ ही शेष जिलों में मौसम शृष्क बना रहेगा प्रदेश फुलदेई प्रदेश भर में आज फूलदेई का पर्व परम्परागत ढ़ग से हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर राजभवन पहुंचे बच्चों ने प्रकृति के साथ सुख शान्ति और समृद्धि की शुभकामनाएं लेकर राजभवन की दहलीज पर फूल बरसाये हाथों में आकर्षक फूलों की छोटी छोटी टोकरियां थामे बच्चियों ने राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य को शुभकामनाएं दीं राज्यपाल ने बड़े उत्साह के साथ बच्चों का स्वागत किया और उन्हें चावल अन्य अनाज एवं उपहार भेंट किए राज्यपाल ने बच्चों के खुशहाल एवं उज्जवल भविष्य की कामना की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व फूलदेई मनाया इस अवसर पर उन्होंने लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए लोकपर्व एवं प्राचीन संस्कृति को संजोऐ रखने के लिए सभी से प्रयास करने का अनुरोध किया

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है और अब फूल देई पर्व पर हमारे प्रतिनिधि की विशेष रिपोर्ट

इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजीलॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजीलॉकर की वेबसाइट पर देख सकेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं